प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है हिमालय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और पछुआ हवा के कारण पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है अगले दो से तीन दिनों में तापमान और गिरने की आशंका है इसको लेकर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट और रविवार के लिये येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार सात से दस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा के चलते पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस बीच मौसम विभाग ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को ठंड से बचाव के लिये कदम उठाने का निर्देश दिया है विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा है कि शीतलहर से बचाव के कार्यो की जानकारी प्रतिदिन मुख्यालय को भेजें विभाग ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण की जिम्मेवारी समाज कल्याण विभाग को दे दी है इस बीच कोहरे के कारण रेल और विमानों का परिचालन प्रभावित हो रहा है कोहरे के कारण कई ट्रेनें छह से आठ घंटे विलंब से चल रही हैं ट्रेनों के विलंब से चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उधर कोहरे के कारण दर्जनभर विमानों ने विलंब से उड़ान भरी जबकि लैंडिंग नहीं होने के कारण कई विमानों को डायवर्ट करना पड़ा इधर पटना जिला प्रशासन ने कनकनी और शीतलहर से बचाव के लिये जिले के एक सौ सत्ताईस जगहों पर प्रतिदिन अलाव जलाने की व्यवस्था की है अस्थायी और स्थायी शरण स्थलों में रह रहे लोगों के लिये विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया है पटना में जिलाधिकारी कुमार रवि ने भीषण ठंड को देखते हुए आज से दो जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है समस्तीपूर जिला प्रशासन ने ठंड के मद्देनजर जिले में एक जनवरी तक पहली से पांचवीं कक्षा तक पठन पाठन स्थगित करने के निर्देश दिये हैं खगड़िया में भी कक्षा पांच तक पठन पाठन उनतीस दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है भोजपुर जिला प्रशासन ने भी दो जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है शिमला में एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अल्पसंख्यकों को भ्रमित कर रहे हैं

उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं होगी बल्कि भारत में शरण लिए हुए पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताडित छह धार्मिक समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी उन्होंने यह बात गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में कही केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक करोड़ से अधिक मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई है आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ बारह लाख मकानों की मांग है प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती मकानों के विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवेश में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है ताकि लोगों को उचित कीमत पर मकान मिल सके इस अभियान में अभी तक पांच लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है

राज्य मंत्रिमंडल ने बालू घाटों के पुराने बंदोबस्तधारियों के लीज की अवधि इकतीस अक्टूबर दो हजार बीस तक बढ़ा दी है इससे प्रदेश में बालू संकट दूर होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुयी बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि सरकार ने बंदोबस्ती की राशि में पचास प्रतिशत की व्रद्धि करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पंद्रह वर्षो से अनुपस्थित पंद्रह डॉक्टरों की सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव की भी मंजूरी दी है इसके साथ ही नवादा के नरहट में पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिये पैंतालीस करोड़ पंद्रह लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है बैठक में कुल इक्कीस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है गुरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन नालंदा जिले के राजगीर में किया जा रहा है इसमें देश विदेश के श्रद्वालु भाग ले रहे हैं इस अवसर पर अड़तालीस घंटे तक चलने वाला अखंड पाठ राजगीर के शीतलकुंड गुरूद्वारे में शुरू हो गया है आज राजगीर में नगर कीर्तन के साथ नवोदय विद्यालय परिसर से झांकी निकाली जायेगी इस दौरान हेल्किॉप्टर से फूलों की बारिश कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया जायेगा राजगीर के हॉकी मैदान में इस अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया है इधर सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाशोत्सव में भाग लेने के लिये देश विदेश से सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है मुख्य आयोजन पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब में किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिये कंगनघाट में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है मुख्य समारोह इकतीस दिसंबर से दो जनवरी तक किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी दो हजार उन्नीस का परिणाम घोषित कर दिया है इस परीक्षा में बिहार के बीस हजार अभ्यर्थियों ने सफलता पायी है परीक्षा में प्रदेश के एक लाख चौंसठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हये थे उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्नीस दिनों के रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी करने के लिये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बधाई दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा का पटना के कंकड़बाग में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनावरण करेंगे इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा अरुण जेटली के परिजन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे सिपाही भर्ती के लिये लिखित परीक्षा बारह और बीस जनवरी को दो पालियों में आयोजित होगी केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही के रिक्त पड़े लगभग बारह हजार पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिये प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया है अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट सी एस बी सी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन से तीस दिसंबर से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है पारा और लुढ़का शीतलहर से कंपकपाया पूरा बिहार दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है फसल अवशेष प्रबंधन को वित्तीय मदद देगी राज्य सरकार प्रभात खबर की सुर्खी है एलओसी पर बढ़ा तनाव जवाबी कार्रवाई में पाक के छह सैनिक ढेर दैनिक भास्कर की सुर्खी है सात जिलों के सरकारी अस्पताल सरकार की ही जांच में फेल नहीं हो रहा है ठीक से इलाज राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है गर्जना के साथ थम गया मिग सत्ताईस का सफर दैनिक आज की प्रमुख खबर है सार्वजनिक आहर पइन पोखर का होगा जीर्णोद्वार और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त